राज्य सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पांच ज़िलों के प्रभावित क्षेत्र किए सील देश में ऑनलाईन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत पढ़े ऑनलाईन अभियान शुरू

मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के दौरान ये बात कही

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई

जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले दो दिनों में इस अभियान के तहत पूरे राज्य को कवर कर लिया जाएगा

चम्बा जिला के सलूणी उप मण्डल में ग्राम पंचायतों भांदल किहार डांड किलोड़ डयूर कंदवारा और सनूह को सील किया गया है चुराह उप मण्डल की भंजराडू तीसा एक व दो गड़फरी खजुआ जुंगरा लेसूई और थल्ली तथा चम्बा उप मण्डल की ग्राम पंचायतों बरौर जडेरा कैला पलयूर पलूहीं परौथा रजिंडू साहु पधर सिल्लाघराट कीड़ी सराहन गुबाड़ और अठलुई को सील किया गया है कांगड़ा जिला के धर्मशाला नगर निगम के मैकलोडगंज भागसूनाग फरसेटगंज और धर्मकोट तथा इंदौरा उप मण्डल के गंगथ बाजार से चारों ओर तीन किलोमीटर क्षेत्र को सील किया गया है ऊना जिला के अम्ब उपमण्डल की कुठेहड़ा खैरला कटोहड़ खूर्द सिद्वचलेहड़ और पंजोआ लड़ोली पंचायत तथा गगरेट उपमण्डल की ग्राम पंचायत रामनगर के कमाली गांव को सील किया गया है सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाले नगर परिषद नालागढ़ तथा नगर परिषद बद्दी के क्षेत्र व सभी ग्राम पंचायतों तथा नगर परिषद परवाणु और टकसाल तथा जंगेशु पंचायतों को सील किया गया है

सील किए गए इन सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू में कोई भी ढील नहीं होगी सभी लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा किसी भी व्यक्ति को अन्दर या बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी और न ही लोग किसी भी आयोजन में एकत्रित होंगे सभी दुकानें व व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे तथा लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा इन सभी क्षेत्रों में होम डिलिवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कल्लू व मनाली सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों को रोहतांग दर्रा खुलने के बाद ही घाटी में पहुंचाया जाएगा मारकंडा ने कहा कि बीआरओ ने आगामी दो सप्ताह के भीतर रोहतांग दर्रे को खोलने का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति आने वाले लोगों और कर्मचारियों की मढ़ी कोकसर और सिस्सु में स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें यहां आने की अनुमति दी जाएगी गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर किए जा रहे एहतियाती उपायों पर आज मनाली में उपमंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में गांव स्तर तक लोगों को जागरूक करने और इसे रोकने के बारे जानकारी देने के अधिकारियों को निर्देश दिए गोविंद ठाकुर ने जरूरतमंद और अभवग्रस्त लोगों को तुरंत राशन उपलब्ध करवाने को भी कहा हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज चौहान ने चुराह विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए जा रहे उपायों को लेकर आज तीसा में एक समीक्षा बैठक की उन्होंने प्रशासन को पंचायत स्तर पर स्थानीय शिक्षकों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पंचायतीराज संस्थाओं के कर्मचारियों की एक संयुक्त टीम बनाने को कहा ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा सकें विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रभावित क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाईज करने के भी निर्देश दिए ऑनलाइन शिक्षा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आज नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के उद्देश्य से शुरू किया गया है

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सीलीकुठारना करेरी घरोह सुधेड़ भितलु और नठी पंचायतों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने पंचायता प्रतिनिधियों से स्थानीय लोगों की समस्या के बारे में जानकारी दी सरवीण चौधरी ने बताया कि उचित मुल्य की द्वकानों के माध्यम से दो माह का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है उन्होंने राशन लेते समय लोगों को सामाजिक दूरी बनाये रखने का आग्रह किया इस अवसर पर सरवीण चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाये गये कदमों की समीक्षा भी की ऑनलाईन पढाई सोलन जिले के नौणी स्थित बागवानी व वाणिकी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को विजूअल क्लास रूम के अलावा वाट्सएप्प व गूगल क्लास रूम सहित यूजीसी द्वारा निर्धारित वैबसाईटों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंद्र कौशल ने बताया कि किसानों व बागवानों के लिए वाट्सएप्प ग्रूप बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके

उन्होंने बताया कि इनमें से दो लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना को लेकर राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की मांग की है कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि इस महामारी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए किमटा ने प्रदेश के लोगों को आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति और पीडीएस के तहत सभी को उपयुक्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की है इस बीच प्रदेश कांग्रेस आपदा सेल ने पीडीएस के तहत दिए जाने वाला राशन सभी को समुचित मात्रा में देने का सरकार से आग्रह किया है उज्जवला योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा तीन महीने तक रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे शिमला एरिया कार्यालय के मुख्य प्रबंधक विनित सेठ ने बताया कि अप्रैल से जून माह तक लाभार्थियों को प्रतिमाह एक सिलेंडर दिया जाएगा और इसकी अग्रिम राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हिमाचल इकाई ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अरूणाचल प्रदेश के लगभग सौ विद्यार्थियों की अनेक प्रकार से सहायता की है लॉकडाउन के कारण इन विद्यार्थियों को कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस कार्य के लिए संघ के सदस्यों की सराहना की है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है और इस संबंध में नालागढ़ और बद्दी की कुछ तस्वीरें भी साझा की है विद्यार्थियों ने इस मुश्किल समय में उनकी सहायता करने के लिए स्वंय सेवकों का आभार जताया है व्यापार मंडल किन्नौर ज़िले के टापरी व्यापार मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के चलते बैंक और उपतहसील व अन्य लोगों को आज मुफ्त मास्क व सैनिटाईजर वितरित किए